स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले माह पंजीकरण की प्रक्रिया चौदह मार्च तक चलेगी केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग उन्नीस लाख दिव्यांगजनों को एक हजार एक सौ करोड़ रूपये के विभिन्न उपकरण कराए गए हैं उपलब्ध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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक स्वस्थ और कोविड मुक्त पडोसी के लिए काम कर रहा है

भारत के अलावा कार्यशाला में अफगनिस्तान बांगला देश भुटान मालदीव माँरीशस नेपाल पाकिस्तान सेशल्स और श्रीलंका शामिल थे पडोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की सबसे कम मृत्यु दर भारत में रही है श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एंबुलेंस के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी पडोसी देशों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है उन्होंने महामारी के पूर्वानुमान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि असम का विकास केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए वे आज असम में महाबाह ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना के शुभारंभ के बाद बोल रहे थे उन्होंने धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला भी रखी और माज़ुली सेतु के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया इस अवसर पर जनसभा को वर्च्यअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधामनंत्री ने कहा कि पूर्वोत्त्र क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी लेकिन हाल ही में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में असम में एक लाख करोड़ रूपये की परियोजना शुरू होगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा वीडियो संदेश में श्री निशंक ने यह भी बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह चौदह मार्च तक चलेगी उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा लातेहार जिलें में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण बीस फरवरी से शुरू होगा चौबीस फरवरी तक चलनेवाले सामाजिक अंकेक्षण की तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की जिले के छह प्रखंडों के बत्तीस पंचायतों में मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड़ की बेसहठ पंचायत के नौ मजदूर लापता हो गए थे इनमें से एक का शव मिल चुका है वहीं अन्य मजदूरों के शवों की शिनाख्त के लिए श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में उनके परिजनों को उत्तराखंड ले जाया गया है झारखंड उच्च न्यायालय में रांची जिले में तालाबों और डैम के अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि आज से तीस वर्ष पहले रांची में कितने तालाब और कितनी हरियाली थी सेरकार द्वारा इसकी सटीक जानकारी नहीं होने की बात कहने पर अदालत ने नाराजगी जताई

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थांवरचंद गहलोत ने कहा है कि पिछले छह वर्षो में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग उन्नीस लाख दिव्यांगजनों को लाभ हुआ है एक हजार एक सौ करोड़ रूपये के विभिन्न उपकरण दिव्यांगजनों में वितरित किये गये हैं श्री गहलोत मुंबई में अली यावर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी में छात्रावास भवन की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे पहले चरण में चार मंजिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी देते हए बताया कि डब्ल्यू सी सी बी को भारत में वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के लिए तीन वर्षो में दो बार यह प्रस्कार मिला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को नवोन्मेष श्रेणी में पुरस्कार मिला है भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है

इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे उन्हें मीडिया प्लानिंग और प्रबंधन प्रशासन तथा समाचार संकलन का व्यापक अनुभव है उन्होंने आकाशवाणी और दुरदर्शन समाचार में भी विभिन्न पदों पर काम किया श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है जो अब पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं

राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस खिलौने मेले का हिस्सा बनने के लिए काफी खुश मनोज ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि ने उन्हें खिलौना बनाने में अपने कौशल को बढ़ाने और एक आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में उभरने में मदद की मनोज ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि सम्मानित खिलौना मेले के लिए उनके चयन से उनका मनोबल बढ़ा है और वह पीएम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आदर्श वाक्य को बढ़ावा देने के लिए खुश हैं

नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रुपाली मलिक चर्चा में भाग लेंगी

इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्डल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

गिरिडीह जिलें मे महिलाओं को सश्क्त स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है

प्रतियोगिता में देश भार के करीब तेरह सौ पहलवान शमिल होंगे झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि जून में होनेवाली इस प्रतियोगिता की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी इधर सीनियर राष्ट्रीय कृश्ती प्रतियोगिता के लिए दस सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है पंजाब में यह दो दिवसीय प्रतियोगिता बीस फरवरी से होगी